कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है इसलिए सभी श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही ना बरतें सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें और पैंतालीस वर्ष से उपर के सभी लोग बेहिचक टीका लगवायें सुरक्षित रहें और तीन आसान उपायों का पालन करें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 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से थोड़ी देर बाद शाम सात बजे परीक्षा पे चर्चा के दौरान छात्रों शिक्षकों और अभिभावकों के साथ संवाद करेंगे यह कार्यक्रम वर्चअल माध्यम में आयोजित किया जाएगा कार्यक्रम में प्रधानमंत्री बिना किसी तनाव के परीक्षा देने और परीक्षा में शामिल होने के लिए विचार और सुझाव साझा करेंगे केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निंशक ने कहा कि लाखों विर्द्याथी इस कार्यक्रम के जरिए प्रधानमंत्री से सीधे जुड़ेंगे

केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को कार्यस्थलों पर वैक्सीनेशन सेशन लागू करने का निर्देश दिया है ग्यारह अप्रैल से कार्यस्थलों पर टीका लगाया जाएगा इसके लिए पैंतालीस वर्ष से अधिक उम्र के कम से कम सौ लाभुक का उपस्थित होना जरूरी है

वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि इससे देश में विनिर्माण को बढ़ावा मिलेगा उन्होंने कहा कि समेकित सोलर पीवी विनिर्माण संयंत्रों की क्षमता में दस हजार मेगावाट की वृद्धि होगी

इस स्टेशन से कल पहली ट्रेन का परिचालन श्रू होगा गोड्डा नई दिल्ली हमसफर एक्सप्रेस को सांसद निशिकांत दूबे हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे इस ट्रेन का बाराहाट मंदार हिल हंसडीहा और पोड़ैयाहाट स्टेशन पर ठहराव होगा इस ट्रेन का परिचालन गोड्डा स्टेशन से शुरू होने से संताल परगना क्षेत्र के यात्रियों को काफी सहूलियत होगी

राजधानी रांची में कोरोना संकमा के बढ़ते मामलों को देखते हुए जिले के उपायुक्त और वरीय पुलिस अधीक्षक खुद सड़को पर उतरकर प्रतिष्ठानों दुकानों और बाजारों में बिना मास्क के प्रवेश पर रोक लगाने के लिए दुकानदारों को निर्देश दिया

उन्होंने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी

उन्होंने अपने ट्वीट में बताया कि पश्चिम बंगाल और असम विधानसभा चुनाव को लेकर वे कई दिनों तक चुनाव प्रचार में व्यस्त थे वहां से नई दिल्ली लौटने पर जब कोरोना जांच कराया तो रिर्पोट पॉजिटिव आई है राज्य के पुलिस महानिदेशक ने कहा है कि राज्य में उग्रवादियों के खिलाफ पुलिस बड़ा अभियान चलाएगी उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में सुरक्षाबलों के खिलाफ उग्रवादी हमले को देखते हुए यह उग्रवाद प्रभावित इलाकों में अभियान शुरू किया जाएगा उन्होंने आज पश्चिम सिंहभूम जिले के टोंटो प्रखंड के उग्रवाद प्रभावित इलाकों का दौरा किया और सिंहभूम रेंज के पुलिस उप महानिरीक्षक राजीव रंजन और पुलिस अधीक्षक अजय लिंडा के साथ माओवादियों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर रणनीति पर चर्चा की झारखंड उच्च न्यायालय ने झारखंड लोक सेवा आयोग की संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा के लिए निर्धारित किए गए कट ऑफ डेट को लेकर दायर याचिका खारिज कर दी है अदालत ने आज सुनवाई के दौरान कहा कि कट ऑफ डेट तय करना सरकार का नीतिगत मामला है और अदालत इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगी गौरतलब है कि छठी से दसवीं सिविल सेवा परीक्षा के लिए विज्ञापन इस वर्ष आयोग ने निकाला है इसमें कट ऑफ डेट एक अगस्त दो हजार सोलह है जबकि पिछली परीक्षा के आधार पर यह एक अगस्त दो हजार बारह होना चाहिए था लेकिन आयोग द्वारा कट ऑफ डेट बढ़ाने से हजारों अभ्यर्थी आवेदन करने से वंचित रह गए खूंटी में स्थित बालगृह सहयोग विलेज की व्यवस्था का जिलें के उपायुक्त ने जायजा लिया

श्री सिंह ने आज सरायकेला में संवाददाताओं से कहा कि अवैध माइनिंग से सरकार को राजस्व को काफी नुकसान हो रहा है इसे रोकने की दिशा में समुचित कदम उठाए जाएंगे समिति ने पश्चिमी सिंहभूम जिले के अंतर्गत चल रही विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की उन्होंने अधिकारियों को कई निर्देश भी दिए रांची जिले की पुलिस ने फर्जी अधिकारी बनकर अवैध वसूली करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है नामकुम थाना क्षेत्र के सिदरौल से चौदह फर्जी अधिकारियों को पुलिस ने आज गिरफ्तार कर लिया ये सभी बालू ट्रक चालकों से अवैध वसूली मारपीट और लूटपाट करते थे इनके पास से चार पिस्तौल पचहतर कारतूस और दो वाहन पुलिस ने बरामद किए है इनसे पूछताछ में झारखंड मिनरल्स के नाम पर होने वाली अवैध वसूली को लेकर कई अहम खुलासे होने की उम्मीद है मध्यपुर विधानसभा सीट के लिए उपचुनाव सत्रह अप्रैल को होगा

कार्मिक विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है इसके तहत सरकारी कार्यालय बैंक और औद्योगिक व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे और किसी भी कर्मचारी की मजदूरी में कोई कटौती नहीं की जाएगी इसका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई के साथ जुर्माना लगाया जाएगा

कोरोना को बढ़ रहे संक्रमण को देखते हुए वर्चुअल सुनवाई को बढ़ाने का निर्णय लिया गया है

अस्पताल पर सरकारी दिशा निर्देशों के खिलाफ मृतक का शरीर उसके परिजनों को सौंपने का आरोप है

तीन दिनों तक चलने वाले इस कार्यशाला में तीस अंचल अधिकारी शामिल हुए हैं